आदेश के अनुसार बाजार शाम पांच बजे बंद करने होंगे वहीं राजकीय कार्यालय शाम चार बजे तक बंद हो जाएंगे साथ ही सभी शिक्षण संस्थान लाइब्रेरी कोचिंग बंद रहेंगे आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कार्यालय कोविड गाइडलाइन के मुताबिक यथावत काम करते रहेंगे

नई गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में धार्मिक मेलों उत्सवों और जुलूस आदि पर रोक रहेगी इस बीच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में चल रही उच्च माध्यमिक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं स्थगित कर दी है

इस बीच प्रशासन ने कोविड गाइड लाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है झुंझुनूं में दो दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की गई

झुंझुनूं शहर में वैक्सीनेशन कैम्प लगाए जा रहे हैं आज जिला कलेक्टर ने शहर के शहीदान चौक में लगाए जा रहे कैंप का अवलोकन किया

केन्द्र सरकार ने देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन और आपूर्ति बढाने तथा इसकी कीमत कम करने का फैसला किया है सरकार ने छह दवा निर्माताओं को हर महीने सात अतिरिक्त केंद्रों पर इसकी दस लाख खुराक उत्पादन करने की अनुमति दी है इस बीच राज्य सरकार ने रेमडेसिविर और टोक्लीजुमाब इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने और जरूरतमंद निजी चिकित्सा संस्थानों को दवा मुहैया कराने के लिए नई प्रक्रिया तय की है जो अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी नई प्रक्रिया के अनुसार केवल राज्य सरकार के कोविड उपचार के लिए अनुमोदित निजी क्षेत्र अथवा जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति प्राप्त चिकित्सालय रेमडेसिविर और टोक्लीजुमाब इंजेक्शन की मांग कर सकेंगे

इस मौके पर जिलेभर की सरकारी इमारतों को प्रशासन की ओर से सजाया गया है और लाइटिंग की गई है स्थापना दिवस पर आज कोविड गाइड लाइन की पालना करते हुए कई आयोजन किए जा रहे हैं

इस मौके पर आज महिलाएं और बालिकाएं पारम्परिक रूप से गणगौर माता की पूजा अर्चना कर रही हैं कोविड महामारी को देखते हुये इस बार जयपुर में गणगौर की सवारी नहीं निकलेगी और गणगौर मेला भी नहीं भरेगा बुंदी जिले के लाखेरी में पांच दिन तक भरने वाला गणगौर मेला इस बार आयोजित नहीं होगा

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं